रेलमंत्री दौरा केन्द्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल आज भोपाल आ रहे हैं

श्री गोयल निरीक्षण के बाद छिन्दवाड़ा जिले के परासिया जाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कार्यक्रम में भी शामिल होंगे रेल मंत्री कार्यक्रम के बाद आज शाम को ही नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे

इस दौरान जिला स्तरीय कार्यक्रम मंत्रिमण्डल के सदस्यों की अध्यक्षता में आयोजित किये जाएंगे राज्य शासन ने मंत्रि मण्डल के सदस्यों को कार्यक्रम के लिये आवंटित जिलों की सूची जारी कर दी है विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा होशंगाबाद में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे इसी तरह बाकी मंत्री अपने प्रभारी जिलों में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना गरीब और मध्यम वर्ग के लिए है यह योजना गरीबों का बल बन गई है उन्होंने कहा कि इस योजना में सिर्फ अजा अजजा ही नहीं बल्कि सामान्य वर्ग के छोटे व्यापारी कर्मचारी ठेले वाले अल्पसंख्यक शामिल किए गए हैं योजना का लाभ हमने दिलाना शुरू कर दिया है यह योजना एक तरह से इस वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा का भी काम कर रही है

गडकरी ड्राइविंग लाइसेंस सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार एक ही व्यक्ति को विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा कई लाइसेंस जारी किए जाने पर रोक लगाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का डाटाबेस तैयार कर रही है नई दिल्ली में कल एक कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि मौजूदा समय में भारत में लाइसेंस हासिल करना बहत आसान है और ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों के पास विभिन्न राज्यों से जारी किए गर्थ कई लाइसेंस हैं

उन्होंने कहा कि ड्राइवर रहित कारों को अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं है श्री गडकरी ने कहा कि बिना परीक्षा के लाइसेंस जारी करने पर रोक लगाने के लिए सरकार कई ड्राइवर प्रशिक्षण केन्द्र खोल रही है बिना परीक्षा के लाइसेंस जारी करने से बड़ी संख्या् में दुर्घटनाए होती हैं उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा वाहनों को जगह मिल सके इसके अलावा सड़क डिजाइन में भी सुधार किया जा रहा है

यह दरें सुकन्या समृद्धि योजनालोक भविष्य निधि योजना और किसान विकास पत्र पर भी लागू होंगी

परीक्षा का आयोजन भोपाल इंदौर जबलपुर और ग्वालियर संभाग मुख्यालयों पर दोपहर एक से तीन बजे तक किया गया है विद्यार्थियों को निर्धारित तिथि को अपना आधार कार्ड दसवीं की अंक सूची और एप्लीकेशन आईडी लेकर उन्हें आवंटित परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय से एक घंटे पहले अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने को कहा गया है

मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान ये बात कही उन्होंने कहा कि राजनीति में लोकतांत्रिक तरीके से बात रखने का आधिकार सभी को है लेकिन कांग्रेस अब परंपराओं को भूल चुकी है कोई दल जब राजनीतिक यात्रा पर निकला है और विपक्ष यह साजिश रचे कि हर जगह उस यात्रा में गड़बड़ी हो काले झंडे दिखाए जाए यात्रा में व्यवधान हो ये मध्यप्रदेश के राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं हुआ मुख्यमंत्री ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीति को व्यक्तिगत विद्वेष तक ले जा रही है

संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री सुरेन्द्र पटवा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे सिंधी साहित्य अकादमी के निदेशक राजेन्द्र प्रेमचन्दानी ने बताया कि महोत्सव में पहले और दूसरे दिन स्थानीय विद्यालयों की प्रस्तुतियां और शिक्षकशिक्षिकाओं का सम्मान होगा इसके बाद तीन दिनों तक कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी मुहर्रम आज अशूरा यानी मुहर्रम महीने का दसवां दिन है इस्लाम धर्म के अनुयायी आज पैगम्बर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर शोक व्यक्त करते हैं आज के दिन देशभर में विशेष प्रार्थना और उपवास रखा जा रहा है प्रदेशभर के कई हिस्सों में ताजिया जुलूस निकाले जायेंगे राजधानी भोपाल में भी इस दौरान प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं